उन्होंने कहा कि भारत विकास के लिए मानव इंडि केन्द्रित और समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है

उन्होंने कहा कि भारत प्रतिभा का शक्ति केन्द्र और एक स्वाभाविक सुधारक है जो विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकता है

उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये है

झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण से आज एक मरीज की मौत हो गई है राजधानी रांची स्थित निजी अस्पताल में देवघर के एक व्यक्ति की मौत हो गयी दिल की बीमारी से जूझ रहे इस मरीज को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था यहां उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयी थी

चतरा जिले में समाहरणालय स्थित भू अर्जन कार्यालय के नजीर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इसके अलावे एक अन्य युवक में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है

साथ ही आसपास के इलाकों को सैनिटाइज कराया जा रहा है राजाधानी रांची समेत विभिन्न जिलों के थानों में पुलिसकर्भियों के कोरोना संकभित पाये जाने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा के मद्देनजर कई कदम उठाए हैं डीजीपी एम वी राव ने लागों से अपील की है कि ँथाना में न जाकर किसी भी मामले की शिकायत ऑनलाइन तरीके से दर्ज कराये इसके लिए मुख्यालय ने वेबसाइट सिटिजन डॉट झारखंड पुलिस डॉट जीओवी डॉट इन जारी किया है राजधानी रांची के कई थानों को बहतर घंटे के लिए सील कर दिा गया है गोड्डा जिले में कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने पुलिस अधिकारियों को हर हाल में लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीपीओ डीएसपी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिया और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की पुलिस अधीक्षक ने गोड्डा बिहार सीमा पोस्टों पर थर्मल स्कैनिंग का कड़ाई से पालन करने और बिना वैध ई पास के अंतर राज्यीय वाहनों का प्रवेश बंद करने का निर्देश दिया

हैशटैग आस्क एआईआर का इस्तेमाल करके ट्वीटर हैंडल एआइआर न्यूज से भी सवाल पूछे जा सकते हैं

धनबाद जिले के शहरी क्षेत्र में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अलावा अब विवाह का भी निबंधन नगर निगम करेगा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा हजारीबाग जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हरसंभव प्रयास किया जा रहा है उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने जिले के वरीय अधिकारियों प्रखंड पदाधिकारियों के साथ बैठक की

उपायुक्त ने कहा कि आने वाले समय में और योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी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

नक्सल प्रभावित आनंदपुर प्रखंड के पारा शिक्षक विजय कुमार महापात्र ने कोरोना संकमण से बचने के सारे उपायों के साथ सुद्रवर्ती क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई जारी रखी है इससे कोरोना काल में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा मिल रही है शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर पूर्ण रूप से अंकृश लगाने के लिए बोकारो जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं किसी भी तरह के शिलान्यास और उदघाटन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है इसके अलावा मैरिज हॉल और सामुदायिक केंद्रों को अगले दो दिन के भीतर सील करने का भी आदेश दिया गया है निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

आज जिले को दर्जनों पत्रकारों का कोरोना संक्रमित टेस्ट के लिए सैंपल एकत्रित किया गया उपायुक्त के निर्देश पर जांच की प्रक्रिया रविवार तक जारी रहेगी ताकि जिले के सभी पत्रकारों का टेस्ट किया जा सके इधर पलामू जिले में भी सभी पत्रकारों की कोरोना जांच की जा रही है एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा चतरा जिले के टंडवा को विद्युत नगरी के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है

रामगढ़ जिले के चुडूपालू घाटी में आज एयर डिफेंस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई इस हादसे में सेना के एक जवान की मौके पर मौत ही गई और दो सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको इलाज के लिए रामगढ़ आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया आर्मी एयर डिफेन्स का यह वाहन जवान और सामान को लेकर ओडिशा के भ्वनेश्वर से रांची के रास्ते लद्दाख के लिए जा रहा था ब्रेक फेल होने की वजह से आगे जा रहे पाईप लदे ट्रेलर में टक्कर होने से यह घटना घटी

तोरपा थॉना क्षेत्र के कारो नदी के पास चेकिंग के क्रम में पुलिस ने लेवी वसूलने जा रहे दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया हजारीबाग पुलिस ने बड़कागांव केरेडारी थाना क्षेत्र में अफीम तस्कर गिरोह का खुलासा किया है

बड़कागांव पुलिस उपाधीक्षक भूपेंद्र राउत ने बताया कि गुप्त सुचना के आधार पर टीम बनाकर कार्रवाई की गई

इधर रांची पुलिस ने दो किलो गांजा जब्तकर तस्कर गिरोह का खुलासा किया है

विभाग ने गुमला लोहरदगा रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में वज्जपात की भी चेतावनी जारी की है

लोहरदगा जिले में जोबांग थाना क्षेत्र के रिचुघूटा रेलवे पटरी से मसूरिया खाड़ पिकेट के एक पुलिसकर्मी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है कोडरमा पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है ट्रक में स्टोन चिप्स के बीच में छिपाकर शराब की तस्करी की जा रही थी इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है खूंटी जिले और आसपास के इलाकों में आज जमकर बारिश हुई कई इलाकों में धान रोपनी का काम भी शुरू हो गया है